मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आठ नये मंत्रियों को शामिल कर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया राज्य में दो हजार सत्रह में एनडीए की सरकार बनने के बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है सभी आठों मंत्री जदयू कोटे से बनाए गये हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई मंत्रिमंडल में शामिल किए गये लोगों में अशोक चौधरी नीरज कुमार संजय झा श्याम रजक बीमा भारती रामसेवक सिंह नरेन्द्र नारायण यादव और लक्ष्मेश्वर राय शामिल हैं नीतीश मंत्रिमंडल में जिन आठ नेताओं ने आज मंत्री पथ की शपथ ली है उनमें तीन नीरज कुमार संजय झा और अशोक कुमार चौधरी विधान परिषद के सदस्य हैं वहीं नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र बीमा भारती पूर्णिया के रूपौली रामसेवक सिंह गोपालगंज के हथुआ श्याम रजक पाटलीपुत्र के फुलवारीशरीफ और लक्ष्मेश्वर राय मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लौकहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं मंत्रिमंडल विस्तार में चार ऐसे नेता शामिल हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं इनमें विधान पार्षद् संजय झा और नीरज कुमार तथा विधायक रामसेवक सिंह और लक्ष्मेश्वर राय शामिल हैं वहीं श्री नरेंद्र नारायण यादव अशोक कुमार चौधरी बीमा भारती और श्याम रजक इससे पूर्व भी नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से जदयू के विजयी सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जल संसाधन मंत्री मधेप्रा से जदयू के दिनेश चन्द्र यादव ने आपदा प्रबंधन मंत्री हाजीपुर से लोजपा के पशुपति कुमार पारस ने पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है इससे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड से संबंधित मामले में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के घर पर छापेमारी के दौरान अवैध हथियार मिलने के कारण श्रीमती वर्मा को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था इससे रिक्त हुये मंत्री पद के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारून रशीद हाजीपुर से नवनिर्वाचित सांसद पशुपति कुमार पारस और राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के अलावा मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य उपस्थित थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल लालजी टंडन ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है वहीं कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी फेर बदल किये हैं मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री नीरज कुमार को सूचना और जनसंपर्क विभाग संजय झा को जल संसाधन विभाग श्याम रजक को उद्योग विभाग बीमा भारती को गन्ना विकास मंत्रालय रामसेवक सिंह को समाज कल्याण विभाग नरेन्द्र नारायण यादव को विधि विभाग और लक्ष्मेश्वर राय को आपदा प्रबंधन विभाग आवंटित किया गया है वहीं पुराने मंत्रियों में जय कुमार सिंह को विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग महेश्वर हजारी को योजना और विकास विभाग प्रमोद कुमार को कला संस्कृति और युवा विभाग बिनोद कुमार सिंह को पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कृष्ण कुमार ऋषि को पर्यटन विभाग और ब्रजकिशोर बिंद को खान तथा भूतत्व विभाग आवंटित किया गया है इनके अलावा कृषि मंत्री प्रेम कुमार को पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ है श्री कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल मे जदयू की संख्या कम थी इसलिए जदयू कोटे से ही मंत्रियों को शपथ दिलाई गयी है

श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में नीतीश मंत्रिमंडल में भाजपा मंत्रियों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई है उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा कोटे के खाली पदों को भरा जाएगा

श्री पासवान आज पटना पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जिसे एनडीए में शामिल सभी घटक दल प्री मजबूती से प्ररा करने का प्रयास करेंगे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को रिकार्ड जीत दिलाने के लिए बिहार की जनता का आभार भी व्यक्त किया है इस अवसर पर सांसद चिराग पासवान और पश्पति कुमार पारस भी मौजूद थे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या में बड़े बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया है श्री नायड् आज विशाखापटनम में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को विश्वविद्यालयों के विभागों के साथ मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता करनी चाहिए जो उसकी उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप हों श्री नायड् ने विश्वविद्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया नालंदा जिले में आज सड़क दूर्घटना में एकंगरसराय थाना में पदस्थापित एक दारोगा समेता दो लोगों की मौत हो गयी सूत्रों के अनुसार एकंगरसराय थाना में पदस्थापित दारोगा अशोक पासवान चौराहे पर तैनात थे इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वाहन से कुचल कर वे गंभीर रूप से घायल हो गए बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दारोगा की मौत हो गयी वहीं दुर्घटना में वाहन चालक की भी मौके पर ही मौत हो गयी मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू की पूर्व विधायक नीता चौधरी का आज नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में ईलाज के दौरान निधन हो गया

पूर्व विधायक पिछले सत्ताईस मई को खाना पकाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग से बुरी तरह झुलस गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने पूर्व विधायक के असामायिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है श्री कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि नीता चौधरी पार्टी के प्रति एक समर्पित कार्यकर्ता थी अधिकतम तापमान में कमी आने से राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है आज गया का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव नौ जबकि पटना का अधिकतम तापमान अड़तीस दशमलव छह डिग्री रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती हवा के प्रभाव से पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के कुछ भागों में अगले दो तीन घंटों के दौरान तेज रफ्तार हवा के साथ वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है मुजफ्फरपुर जिले के कर्जा थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर रेवा रोड पर जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से छह सौ चवालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना के बलथरी गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अट्टाईस पर एक बस से उत्पाद विभाग की टीम ने एक सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है इधर शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गाव से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिला के शेखोपुरसराय थाना के महबतपुर गांव में हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी कटिहार जिले के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मनिहारी और मुफस्सिल थानाध्यक्ष समेत सात पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है शिवहर जिले के पूरनहिया थाना क्षेत्र के बसंत पट्टी स्थित एक पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने हमला कर एक कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर दिया वहीं अडतालीस हजार रूपये लूट कर भी फरार हो गए खगड़िया जिले के संसारपुर मैदान में खेले गये राज्य स्तरीय अंतर जिला रंधीर वर्मा अंडर नाइनटिन क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में खगड़िया ने गया की टीम को दो सौ आठ रनों से हरा दिया और अब अंत में मुख्य समाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार